गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर करेगा आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस के माध्यम से आगामी बीस जनवरी को विद्यार्थियों और शिक्षकों से करेंगे संवाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिमी के साथ इसका संबंध होने सहित पीएफआई के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं कानून मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगा श्री प्रसाद का यह बयान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केसी मौर्य के बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएफआई राज्य में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा है कि इस संगठन से जुड़े पच्चीस से भी अधिक लोगों को राज्यभर में गिरफ्तार किया गया है कुछ राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अपने यहां लागू नहीं करने के संकल्प के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा पारित कानून को प्रदेश में लागू करें कई राज्य सरकारें अपनी राजनीति बाहरी दबावों और वोट बैंक के लिए सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेंगी मैं राजनीतिक दलों और उनकी राज्य सरकारों को बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर सही कानूनी सलाह लें अनुछेद छपन्न साफ तौर पर कहता है कि आपको संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्य करना होगा मैं पूनः सभी राज्य सरकारों से अनुरोष करता हूं कि संविधान की अवज्ञा न करें

उन्होंने राजस्व प्राप्तियों से जुड़े विभागों में प्रत्येक स्तर पर सक्रियता लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कर करेत्तर प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति से संबद्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सभी अट्ठारह मण्डलों का भ्रमण कर विभागीय समीक्षा करें और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करें मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डलीय समीक्षा का कार्य पंद्रह जनवरी तक शुरू कर दिया जाए उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त को इस संबंध में प्रगति की माहवार समीक्षा करने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने सभी सम्बन्धित विभागों को कर प्राप्ति के लम्बित मामलों के निस्तारण की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं टीम के रूप में काम करेंगी जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख को सँपे गये कार्यमार के अनुसार समन्वय और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को तालमेल और एकीकरण के जरिये और मजबूत किया जाएगा जनरल रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खरीद प्रक्रिया के एकीकरण को और युक्तिसंगत बनाने की है उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल राजनीति से अलग रहते है और वर्तमान सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा प्रमुख के रूप में वे तीनों सेनाओं के प्रयासों को एकीकृत करने तथा टीम के रूप में काम करने पर ध्यान देंगे इस अवसर पर थलसेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर महीने के लिए इकत्तीस दिसंबर दो हजार उन्नीस तक कुल इक्यासी लाख से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बहुत से अम्यर्थी वेबसाइट पर व्यवधान के कारण ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर सके हैं हालांकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों में सुधार की तिथि पन्द्रह से इकत्तीस जनवरी तक ही रहेगी कस्मीर घाटी लेह और कारगिल में अम्यर्थी एनटीए द्वारा निर्धारित नोडल केंद्रों पर निर्धारित तिथि छः जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देश विदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम अब बीस जनवरी को होगा देश भर में पोंगल मकर संक्रांति लोहड़ी ओणम और अन्य त्योहारों के कारण इस कार्यक्रम को प्नर्निर्घारित किया गया है यह कार्यक्रम पहले सोलह जनवरी को निर्धारित किया गया था

श्री रेड्डी ने कहा कि यह कानून किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है श्री रेड्डी कल वाराणसी के अपने दो दिक्सीय दौरे के अंतिम दिन पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया श्री रेढ़डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षो में अनेक जनकत्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर अनाज दिया जा रहा है गांवों और शहरों में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है लोगों को रसोई गैस की सुविया दी जा रही है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और इससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्माण कार्यों में भी तेजी से काम हो रहा है

प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना से जुड़े जनपदों में भूमि अधिग्रहण एवं खरीद के लिये दो सौ करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है औद्योगिक विकास विमाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है गोरखपुर को निर्माणधीन पूर्वाचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है इस एक्सप्रेस वे के बनने से गोरखपुर संतकबीरनगर और अम्बेडकरनगर जिले लाभान्वित होंगे इस परियोजना की लागत पांव हजार सात सौ चौरान्वे करोड़ रूपये से अधिक है इसके लिये पचास प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है